वे आज शिमला में राष्ट्रीय राजमार्गो की मुरम्मत व पुनर्बहाली के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि ढलानों को स्थिर करने के लिए रॉक बोल्टिंग जैसी नई तकनीक अपनाने और जल निकासी के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कीरतपुर मनाली फोरलेन का कार्य धीमी गति से किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल को देशभर में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है केन्द्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना का एक वर्ष पूरा होने पर देशभर में पहली से सात सितम्बर तक मातू वंदना सप्ताह मनाया गया और देहरादून में हुए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेश को ये सम्मान मिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए बिलासपुर को भी सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है

नेत्रदान केन्द्र खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में आज नेत्रदान केन्द्र का उद्घाटन किया इस मौके पत्रकारों से बातचीत में किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है विपिन परमार ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में नेत्रदान केन्द्र खोले जाएंगे उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों में कोई भी व्यक्ति नेत्रदान के लिए आवेदन कर सकता है विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके नेत्रदान की शपथ लेने वालों को सम्मानित भी किया दोनों मंत्रियों ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान करने की अपील भी की उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया है कि वह आरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन संबंधी प्रमाण पत्र कृष्ठ रोगियों को भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलग नियम बनाने पर विचार करे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में आज केन्द्र और सभी राज्यों को कई निर्देश दिए दुर्घटना किन्नौर ज़िले की रोघी पंचायत से पिछले तीन दिन से लापता तीन लोगों के शव आज सुबह रोघी स्थित सुसाईड प्वांइट के पास एक गहरी खाई से मिले मृतकों की पहचान रोघी निवासी राम सिंह अजीत सिंह और भगत सिंह के रूप में की गई है इनमें से अजीत सिंह सेना में सेवारत था गौरतलब है कि तीन दिन पहले एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी पंचायत प्रधान पदम सिंह नेगी ने बताया कि स्थानीय लोग इनकी तलाश कर रहे थे और पुलिस में भी इनके लापता होने की सुचना दी गई थी

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि पूर्व सरकार द्वारा उन पर राजनैतिक द्वेष के चलते लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं कुल्लू के शाढ़ाबाई में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी तरह के अन्य केस भी बनाए गए हैं और इनमें भी वे पहले की तरह पाक साफ निकलेंगे धूमल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की गति को तेज किया है

इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन के मुख्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कार्यक्रम में कहा कि दूरदर्शन ने देश भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि दूरदर्शन देश की विकास यात्रा का एक अंग है उन्होंने कहा कि सबसे अनुभवी लोगों ने दूरदर्शन को आगे बढ़ाने में योगदान किया है और उनकी वजह से इस संगठन ने नई ऊंचाइयों को छूआ है